वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अनुसार चुनाव में राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा मुख्य सचिव बीकेअग्रवाल ने मलेशिया के उच्चायुक्त को धर्मशाला में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में शामिल होने का दिया आमंत्रण

जयराम भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय सुरक्षा इस बार सबसे बड़ा मुददा है शिमला जिले में रोहडू विधानसभा क्षेत्र के चिड़गांव में आज एक चुनावी जनसभा में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है जयराम ठाक्र ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया जाना भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है और इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है इस बीच मुख्यमंत्री ने ठियोग के पोटेटो मैदान में एक अन्य जनसभा को संबोधित करते हए कहा कि देश व प्रदेश में भाजपा को मिल रहे भारी जनसमर्थन से कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों के नेता बौखलाहट में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और पांच साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का एक भी मामला सामने नहीं आया है इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों से शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप को भारी मतों से विजयी बनाने का आग्रह भी किया बाद में उन्होंने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के तहत सुन्नी में भी जनसभा को सम्बोधित किया हुदय राम सिरमौर ज़िला में रेणुका विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक हृदय राम आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में शिमला में अपने समर्थकों सहित भाजपा में शामिल हुए मुख्यमंत्री ने हृदय राम सहित सभी लोगों का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि उनके भाजपा में शामिल होने से क्षेत्र में पार्टी और सशक्त होगी अग्निहोत्री विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र और राज्य सरकार पर राष्ट्रीय राजमार्गो के नाम पर प्रदेश की जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है ऊना जिले के हरोली में आज जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए न धनराशि और न ही कोई स्वीकृति पत्र जारी किया अग्निहोत्री ने कहा कि केंद्र ने प्रदेश के साथ भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाया है उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और मुख्यमंत्री मुददों पर चर्चा करने से भाग रहे हैं रेंडेमाईजेशन प्रदेश में लोकसभ चुनाव के लिए नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षकों ने आज विभिन्न स्थानों पर बैठकें की कल्लू में आयोजित बैठक में सामान्य पर्यवेक्षक मनोज जोशी ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन प्रकिया से संबंधित सभी आवश्यक प्रबंधों पर चर्चा की उन्होंने राजनीतिक दलों से आदर्श चुनाव आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित बनाने का आग्रह किया उधर चंबा में सामान्य पर्यवेक्षक स्वरूप कुमार पाल ने सहायक निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मतदान प्रबंधों का जायजा लिया वहीं रिकांगपिओ में आयोजित बैठक में सामान्य पर्यवेक्षक मनवेश सिंह सिद्ध ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आदर्श चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित बनाने को कहा है इस बीच नाहन में सामान्य पर्यवेक्षक देवोला देवी दास की अध्यक्षता चुनाव डियूटी में तैनात होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए दूसरे चरण की रेंडेमाईजेशन की गई इस दौरान दो हजार सात सौ आठ अधिकारियों व कर्मचारियों को विधानसभा क्षेत्र आबंटित किए गए

पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा ने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिगत अंजर्राज्यीय सीमाओं को भी सील कर दिया गया है

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार मलेशिया के साथ निवेश साझेदारी के लिए हाईड्रो इलैक्ट्रीसिटी बागवान पर्यटन और स्वास्थ्य देखभाल सहित अन्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है बीकेअग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मलेशिया में एक रोड़शो करने पर भी विचार किया जा रहा है मलेशिया के उच्चायुक्त ने इन्वेस्टर मीट में आमंत्रण के लिए मुख्य सचिव का आभार जताया इस बीच प्रधान आवासीय आयुक्त संजय कुंडू ने कल नई दिल्ली में कुवैत के राजदूत जसीम अल नजीम से मुलाकात की और धर्मशाला में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर मीट से संबंधित मुददों पर चर्चा की शतायु मतदाता ऊना जिले के सभी शतायू मतदाताओं को ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है और उन्हें जल्द ही प्रशर्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे

उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों पर बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी प्रबंध किए गए हैं

उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए दर्रे को जल्द बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं

उपायुक्त ने कहा कि रोहतांग और मढ़ी जाने वाले वाहनों के लिए कल से वैबसाईट कियाशील कर दी जाएगी

यह पूरे विश्व में प्रेस की स्वतंत्रता मीडिया की आजादी की रक्षा और कर्तव्य निभाते हुए प्राणों की आहृति देने वाले पत्रकारों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर है इस वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का थीम है लोकतंत्र के लिए मीडिया भ्रामक सूचनाओं के दौर में पत्रकारिता और चुनाव